अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम जारी रखने की इच्छा प्रकट की प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण प्रगति का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति उनके परिवार और अमरीकी जनता के लिए नववर्ष में स्वास्थ्य समृद्धि और सफलता की कामना की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में तीस मीडिया घरानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किये मंत्रालय ने योग के संदेश के प्रचार प्रसार में मीडिया के योगदान के सम्मान के लिए पिछले वर्ष जून में इन पुरस्कारों की घोषणा की थी ये इस तरह के पहले पुरस्कार हैं ये पुरस्कार भारत और विदेश में योग के प्रचार प्रसार में भूमिका और जिम्मेदारी के लिए मीडिया का सम्मान करने के लिए शुरू किये गये हैं इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग विश्व में भारत की पहचान है उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों के लिए निर्णायक मंडल ने एक सौ बत्तीस प्रविष्टियों में से चयन किया उन्होंने कहा कि समाज में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना मीडिया की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा मेतों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी इंस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा नियत यात्रा भत्ते की ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्य के एस्टीमेट को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है एक सौ इक्कीस एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्राणि उद्यान के निर्माण में दो सौ चौतीस करोड़ रूपये की लागत आएगी जिसका अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इस प्राणि उद्यान में पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सूजित होंगे प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने भांग की फूटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी है अब दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा कैबिनेट ने प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम दो हजार एक में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया जिसमें अब विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग लिखा जाएगा निर्भया दू कर्म और हत्याकांड मामले के चारों दो ियों को आज नयी दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने डेथ वारंट जारी कर दिया चारों दोष्टियों पवन विनय मुकेश और अक्षय को बाइस जनवरी की सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने सात साल पूराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरा करने के लिए चौदह दिन का समय दिया है मामले के एक अन्य आरोपी राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी राजधानी नयी दिल्ली में सोलह दिसंबर दो हजार बारह की रात को निर्भया के साथ द कर्म कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था बाद में उपचार के दौरान सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतृल सिंह ने आज गोरखपूर में तीन गोशालाओं आश्रय स्थल कान्हा उपवन और गोविंद गोशाला का भ्रमण कर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया उन्होंने गोशालाओं के अधिकारियों को गायों के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए श्री सिंह ने गायों को ठंड से बचाने और गोशाला में गोवंश की देखभाल करने वाले श्रमिकों को समय से भुगतान के भी निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों में गन्ना लेकर आने वाले किसानों के लिए अलाव पेयजल समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि परिक्षेत्रीय अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और गन्ना मिलों के बाहर मूलमूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि चीनी भिल गेट और यार्ड पर अलाव की व्यवस्था होने से गन्ना किसानों को ठंड से राहत मिल सकेगी गन्ना आयुक्त ने परिक्षेत्रीय अधिकारियों को किसानों से चीनी भिल यार्ड में मुलाकात कर उन्हें विभागीय सुविघाओं के बारे में जानकारी देने के भी निर्देश दिए